कल से अररिया में भी पूर्णबंदी के आदेश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह राशि दिये जाने की घोषणा की

राज्य के पांच और जिलों वैशाली बेगूसराय जमुई नालंदा और गोपालगंज में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है गोपालगंज के थावे मीरगंज हथ्युआ और गोपालगंज शहर में अठारह जुलाई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा जमुई में पांच दिन के लिये लॉकडाउन लगाया गया है नालंदा वैशाली और बेगूसराय में छह दिन के लिये पूर्णबंदी रहेगी इसके साथ ही अब राज्य के पंद्रह जिलों में लॉकडाउन लागू हो गया है जबकि अररिया में जिला प्रशासन ने कल से उन्नीस जुलाई तक इसे लागू करने का निर्णय लिया है लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय और निजी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे राशन की दुकानें डेयरी सब्जियां और मांस की दुकानें सुबह छह से दस बजे और शाम चार से सात बजे के बीच खुली रहेंगी सभी पूजा स्थल और धार्मिक आयोजन भी बंद रहेंगे

इस अवधि में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी निजी वाहन केवल आवश्यक कार्यों तक ही सीमित रहेंगे ट्रेन और विमान सेवाओं की अनुमति दी गई है इधर दरभंगा जिला प्रशासन ने सामान्य दुकानों को खोलने की अवधि सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित की है राज्य सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को स्थिति की निगरानी रखने को कहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस के तीन सौ बावन नये मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौदह हजार तीन सौ तीस हो गयी है इसमें पटना बीएमपी के पैंतीस जवान और अग्निशमन विभाग के तेईस कर्मी शामिल हैं इधर पश्चिम चंपारण के ढाका से राजद विधायक फैसल रहमान भी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि सबसे अधिक भागलपुर में चौरासी और पटना में तिहत्तर मामले मिले हैं उन्होंने कहा कि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बहत्तर प्रतिशत है महामारी से राज्य में अब तक एक सौ ग्यारह लोगों की मौत हो चुकी है इधर स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में कंटेनमेंट जोन की मजबूत घेराबंदी करायी जायेगी इसके लिये छह करोड़ सत्तर लाख रूपये की राशि जारी की गयी है वहीं राजधानी पटना के एम्स में अब केवल कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जायेगा स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य और अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि सौ सौ आइसोलेशन बेड की व्यवस्था करें जिससे कोरोना मरीजों का आसानी से इलाज किया जा सके विभाग के अनुसार नौ मेडिकल कॉलेजों को विभिन्न जिलों से जोड़ा गया है एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के पचास प्रतिशत बेड आज से कोरोना संक्रमितों के लिये आरक्षित कर दिये हैं राज्य में अभी सोलह सौ सत्ताईस कंटेनमेंट जोन हैं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिये बनाये गये इन कंटेनमेंट जोनों में लगभग सत्रह लाख घर हैं उन्होंने कहा कि किसी भी पॉजिटिव केस के मिलने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है अठाईस दिनों तक जब उस क्षेत्र से एक भी मामला पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया जाता है राजधानी पटना के एम्स में कोरोना की नयी दवा का परिक्षण करने के लिये अठारह मरीजों का चयन किया गया है एम्स के निदेशक डॉक्टर पी के सिंह ने बताया कि इन मरीजों के स्वास्थ्य पर लगातार निगाह रखी जा रही है निदेशक ने कहा कि परिक्षण के लिये पांच सदस्यीय चिकित्सकों के दल को तैनात किया गया है उन्होंने कहा कि हैदराबाद की एक दवा और वैक्सीन रिसर्च कंपनी ने आईसीएमआर के साथ संयुक्त रूप से कोरोना के लिये दवा का विकास किया है जिसका परीक्षण किया जा रहा है चिकित्सकों का कहना है कि कोविड उन्नीस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए खांसते छिकते समय एहतियात बरतने की जरूरत है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने तथा उचित सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने को कहा है

टिशु पेपर रखे रूमाल रखे कोहनी रखे बचाव करें

तो अगर आप पहले ही एक दो मीटर का फासला बनाकर के रखेंगे तो उनका आपके पास होने का अंदेशा कम हो जाता है जो कांटेक्ट ट्रासमिशन की बात आई फाउमलिटी की तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वॉयरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई ने उनतीस सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भूगतान शामिल होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस की इस महीने होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है मंत्रालय ने एक टवीट में कहा कि परिणाम संस्थान की सक्षम समिति की ओर से तय मूल्यांकन के आधार पर घोषित किये जायेंगे मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के लिये अपना प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिये अगली आम परीक्षा या अनुरोध परीक्षा में शामिल होने का विकल्प होगा केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्पॅलाई एम्लायर मैपिंग असीम पोर्टल शुरू किया है यह पोर्टल क्षेत्र और स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी दर्ज करेगा और कुशल श्रमिक बल की मांग और आपूर्ति के बीच सेतु बनेगा इस पोर्टल से नियोक्ता की कुशल कार्यबल तक पहुंच होगी और वह उनको नौकरी पर रखने की योजना बना सकेगा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुयी वजपात की घटनाओं में चौदह लोगों की मौत हो गयी मरने वालों में अररिया के पांच किशनगंज के तीन कटिहार और रोहतास के दो दो तथा बांका और औरंगाबाद के एक एक व्यक्ति शामिल हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना जताते हये उनके निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सलाह दी है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को कम करने के लिए लोगों को कुछ विशेष उपाय अपनाने चाहिए आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर ने सलाह दी कि आकाशीय बिजली की चमक के दौरान घरों से बाहर होने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे न रहें उन्होंने सलाह दी कि घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है परंतु टीन और धातु की छतों के नीचे आश्रय लेने से बचा जाए बिजली गिरने की संभावना के समय खूले में होने की स्थिति में लोगों को दुबक कर बैठ जाना चाहिए उन्हें उस समय लेटना नहीं चाहिए

बिजली गिरने की आशंका के समय घर के बिजली सेचलने वाले सभी उपकरणों को प्लग से अलग कर देना चाहिए उस समय खिड़कियों और दरवाजोंसे भी दूर रहना चाहिए राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है विभाग ने बारह जुलाई तक बागमती बेसिन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मानसून के अक्षीय रेखा की हिमालय के तराई क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो जाने के कारण प्रदेश के उत्तरी भागों में भारी बारिश हो रही है इन इलाकों में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गयी है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण बागमती कमला गंगा और गंडक नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से लेकर पटना के दीघा घाट गांधी घाट और हाथीदह में बढ़ रहा है जबकि सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर है इसे देखते हुये जिला प्रशासन ने नौकाओं के परिचालन पर रोक लगा दी है जल संसाधन विभाग के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में एनडीएआरएफ की टीम को तैनात किया जा रहा है उन्होंने कहा कि कटिहार अररिया सुपौल किशनगंज दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण सारण नालंदा पटना और बक्सर में एनडीआरएफ को अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ तैनात किया गया है श्री कुमार ने बताया कि एसडीआरएफ की चौदह टीम और होमगार्ड के सौ जवानों को भी पूर्णिया खगड़िया समेत कई जिलों में तैनात किया गया है उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में पहली बार मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किये जायेगें इससे मत्स्य पालन में लगे किसानों को हर समय मछलियों के वांछित श्रेणी के शुक्राणु उपलब्ध हो सकेगें केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मछलियों का उत्पादन और उत्पादकता बढाने में इससे क्रांतिकारी बदलाव आयेगा रोहतास जिले के तिलौथी थाना क्षेत्र में एक तालाब में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गयी सुपौल जिले में अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लगभग छह लाख रूपये लूट लिये अररिया जिले की उत्पाद विभाग की टीम ने अररिया जीरोमाईल से भारी मात्रा में शराब और प्रतिबंधित दवाओं के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है खगड़िया के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने आगामी बिहार विधान सभा चुनाव के मद्देनजर एफएलसी कार्य में प्रतिनियुक्त पैंसठ से अधिक शिक्षकों की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है जिला निर्वाचन शाखा ने इस संबंध में सभी शिक्षकों के पत्र निर्गत किया है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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है पटना एम्स में होगा केवल कोरोना मरीजों का इलाज दैनिक जागरण ने आइसीएसई के परीक्षा परिणाम की खबर को प्रकाशित करते हुये लिखा है पटना का रोहन आइसीएसई दसवीं में बिहार टॉपर दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है राशन कार्ड को समय सीमा के अंदर बांटें प्रभात खबर लिखता है एनकांउटर में मारा गया विकास दुबे पुलिस की थ्योरी पर सवाल आज अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है सौर ऊर्जा श्योर प्योर और सिक्योर है

कल से अररिया में भी पूर्णबंदी के आदेश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह राशि दिये जाने की घोषणा की